महिला स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण और शारीरिक विकास विषय पर आज न्यायिक अकादमी घण्डल में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही रेखा शर्मा ने कहा कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य व पोषण को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि स्वस्थ व सशक्त समाज के निर्माण में उनका सहयोग और भूमिका अधिक प्रबल हो सके उन्होंने महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देने की अपील की रेखा शर्मा ने महिलाओं को मानसिक प्रताड़ना से बचने के लिए विभिन्न स्तरों व संस्थाओं के तहत मानसिक परामर्शदाताओं की जरूरत पर भी जोर दिया कार्यशाला में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर सहित गुजरात झारखण्ड और हरियाणा राज्यों के महिला आयोग की अध्यक्षों के अलावा अन्य गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया

ऊना जिला के थाना खास गौशाला में आज पौधारोपण कार्यक्रम के बाद उन्होंने ये जानकारी दी वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि बागवानी विभाग के माध्यम से इस परियोजना के पहले चरण में बिलासपुर ऊना हमीरपुर कांगड़ा और मण्डी जिलों को शामिल किया जा रहा है उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत बागवानों के कलस्टर बनाकर बड़े स्तर पर फलदार पौधे लगाए जाएंगे भेंट स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से भेंट की उन्होंने राज्यपाल को प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे विकास और लागू की जा रही विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं से अवगत कराया इस बीच सतलुज जलविद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष नंदलाल ने भी राज्यपाल से भेंट की

सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने शाहपूर में बनने वाले बस अडडे को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक कर निर्माण कार्यों को लेकर विचार विमर्श किया उन्होंने बस अड़डे के निर्माण स्थल का निरीक्षण भी किया बाद में सरवीण चौधरी ने जनसमस्याएं सुनीं और अधिकांश का मौके पर निपटारा कर शेष समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए उन्होंने अधिकारियों से लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने को भी कहा शहरी विकास मंत्री ने विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा कर इन्हें तय समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए गोविंद ठाकुर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए जिला लाहौल स्पिति में हाई एल्टीचियूड स्टेडियम बनाया जाएगा और जिले को साहसिक पर्यटन व खेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा परिवहन व खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने जिस्पा में पर्यटन उत्सव के शुभारम्भ अवसर पर ये बात कही उन्होंने पर्वतारोहण संस्थान को जिले में साहसिक गतिविधियों से जुड़े स्थानों को चिन्हित करने और मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गोबिंद ठाकुर ने युवाओं से अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने का आग्रह किया

महासंघ हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने तृतीय श्रेणी के पदों पर बाहरी राज्यों से प्रदेश में की गई नियुक्तियों का विरोध किया है महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि तुतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां हिमाचली बोनाफाईड के आधार पर की जाती हैं ऐसे में इस व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करना प्रदेश के बेरोजगारों के साथ अन्याय होगा उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया है

उप पुलिस अधीक्षक विपन कुमार ने बताया कि जिले की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र के आधार पर जवानों की तैनाती की जाएगी ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो

उन्होंने बताया कि अब ये बैठक राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक के बाद सितम्बर माह में होगी जिसकी तिथि बाद में तय की जाएगी

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे जबकि विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे इस दौरान शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे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

नमस्कार